पांचवें छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में च्रनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को मुहंतोड़ जवाब देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है उन्होंने महागठबंधन पर देश और प्रदेश को अस्थिरता के दौर में ले जाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं श्री कुमार ने मुजफ्फरपुर के बोचहा में भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद और हाजीपुर के लालगंज में लोजपा प्रत्याशी पश्रपति कुमार पारस के पक्ष में भी सभा को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए पर बूथ लूट का आरोप लगाने वाला विपक्ष अपने दौर को भूल गया है जब चुनावी हिंसा और बूथ लूट के कारण देश में सर्वाधिक पुनर्मतदान कराने की नौबत बिहार में आती थी श्री मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर बूथ लूट और हिंसा का ही नतीजा था कि वर्ष दो हजार चार में छपरा लोकसभा क्षेत्र जहां से लालू प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे वहां चुनाव स्थगित करना पड़ा था राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैलियों में लगातार मंच साझा करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लालच में उनको अब जहरीले लोगों के साथ भी घूटन नहीं हो रही है वहीं रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल दस पन्द्रह अमीर घरानों के चौकीदार हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा स्वस्थ्य और विकास को ध्वस्त कर चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाकी बचे तीन चरणों के लिए सभी दलों के नेता आज भी ध्रंआधार प्रचार करेंगे जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान आज मधुबनी सीतामढ़ी और वैशाली में संयुक्त रूप से एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब में और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र में रोड शो करेंगे राजद नेता और विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मध्रबनी मुजफ्फरपुर वैशाली और सारण में महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा काराकाट और अन्य इलाकों में महागठबंधन प्रत्याशियों क समर्थन में चुनावी सभा करेंगे साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी भी कई इलाकों में चुनावी सभा करेंगे उन्नीस मई को होने वाले सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नाम वापसी की आज अंतिम तिथि है सातवें चरण में नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद संसदीय क्षेत्रों में चुनाव के साथ ही डेहरी विधानसभा क्षेत्र में उन्नीस मई को मतदान होना है इस चरण के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सभी आठ लोकसभा क्षेत्रों में एक सौ बासठ उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये हैं इन क्षेत्रों के लिये दो सौ सताईस उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था जिसमें पैंसठ के नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये पीएमसीएच में दवा खरीद घोटाला मामले में पटना की विशेष अदालत ने तत्कालीन अधीक्षक डॉ ओ पी चौधरी समेत पन्द्रह लोगों के खिलाफ आरोप तय किये हैं सतर्कता अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार ने अभियोजन को इकतीस मई को अपने गवाह पेश करने को कहा है दूसरी ओर इसी मामले के एक आरोपी रघुनाथ शरण के उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने उसकी जमानत खारिज करते हुये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है पीएमसीएच में दवा खरीद से जुड़े धोखाधड़ी जालसाजी सरकारी राशि का गबन और सरकारी पद के दुरुपयोग के मामले की प्राथमिकी वर्ष दो हजार तेरह में दर्ज की गई थी इस मामले में कई चिकित्सकों समेत सोलह लोगों को आरोपी बनाया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठे फौनी तूफान के प्रभाव से आज से पूर्वी बिहार और गंगा के तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की सम्भावना है तूफान के असर से कई क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे और तापमान में कमी आयेगी विभाग के अनुसार चार मई तक ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है तूफान के असर से छह मई तक मौसम ख़ुशनुमा बना रहेगा फौनी के कारण पटना गया भागलपुर पूर्णिया फारबिसगंज किशनगंज और अररिया से लेकर छपरा तक तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस तक की कमी की संभावना है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फौनी के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर दक्षिण भारत की ओर जाने और आने वाली छह ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एक मई को यशवंतपुर से मुजफ्फरपुर आने वाली मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है इसी तरह पटना से एर्णाकुलम जाने वाली पटना एर्णाकुलम एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है श्री कुमार ने बताया कि तीन मई को भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाने वाली भूवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्ररी से खुलने वाली पुरी आनंद विहार टर्मिनल नीलांचल एक्सप्रेस और पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम के कानून में गिरफ्तारी के प्रावधान को लचीला बनाने के अपने पिछले वर्ष के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है यह याचिका केन्द्र सरकार ने दायर की है उच्चतम न्यायालय ने मार्च दो हजार अठारह में अपने आदेश में कहा था कि इस कानून के तहत कोई शिकायत दर्ज होने पर तुरंत किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए

परीक्षाफल दोपहर तीन बजे बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीआईएससीई डॉट ओआरजी और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रिजल्ट्स सीआईएससीई डॉट ओआरजी पर जारी किया जायेगा इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी छात्रों को रिजल्ट की सूचना मिल सकेगी पूर्णिया जिले में खजांची थाना क्षेत्र के बारीहाट में भूमि विवाद को लेकर पूर्णिया के सांसद संतोष कुश्वाहा के भाई शंकर कुशवाहा पर हमला हुआ जिसमें वह बाल बाल बच गये सीतामढ़ी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रघुनाथ कुमार के वाहन में बैठे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंगेश सिंह समेत अन्य नेताओं पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया हालांकि वे बच निकलने में कामयाब हुए और अब अंत में मुख्य समाचार पांचवे छठें और सातवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर